सचिवालय में जन जागरूकता अभियान के तहत विधायकों और अधिकारियों को शपथ दिलाते हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों और शीतकाल का समय श्रू होने वाला है इसके मददेनजर मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता से सबंधित नियमों के पालन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता जरूरी है सर्दी के समय में कोविड से बचाव के लिए और सतर्कता की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक राज्य में कोविड पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता तब तक जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोविड के कोई लक्षण दिखाई दे तो इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर या स्वास्थ्य विभाग को दी जाय

उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि घर से बिना मास्क पहने बाहर नहीं निकलें

चंपावत जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय ने अधिकारी और कर्मचारियों को इस घातक बीमारी से सावधानी बरतने मास्क पहनने सामाजिक दरी का पालन करने की शपथ दिलाई साथ ही स्थानीय भाषा में प्रचार गीत का भी शुभारंभ किया रुद्रपुर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियो को प्रतिज्ञा दिलाई अल्मोड़ा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने भी कर्मचारियों को शपथ दिलाई

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों ने बदरीनाथ केदारनाथ जोशीमठ उखीमठ देहरादून ऋषिकेश ग्प्तकाशी संस्कृत महाविद्यालयों और स्कूलों सहित सभी अधीनस्थ मंदिर कार्यालयों उप कार्यालयों विश्राम गृहों में कोरोना बचाव और जागरूकता की शपथ ली गयी

रुदप्रयाग जिले के ग्रप्तकाशी सोनप्रयाग मैखंडा जामू फाटा और बडासू से हेलीकॉप्टरों ने केदारनाथ के लिए सुबह छह बजे से उड़ान भरनी शुरू कर दी है एसओपी के अन्सार हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी

अक्टूबर से दिसंबर तक मनाये जाने वाले त्योहारों पर लोग सामूहिक प्जा मेले रैली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी थ योजन करते हैं राज्य सरकार की एसओपी के अन्सार कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों पर अमल करना जरुरी है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके

सरकार ने कोरोना महामारी के मददेनजर मनोरजंन पार्क और ऐसी अन्य जगहों पर संक्रमण से बचाव के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

मनोरंजन पार्को में सभी प्रकार के झूलों के साथ ही म्यूजियम बागीचे गिफ्ट शॉप जैसे स्थलों को सेनिटाइज करना होगा पार्क में जगह जगह हाथ धोने की सुविधा और हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी साथ ही इन जगहों की स्वच्छता भी सुनिश्चित करनी होगी स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे थिएटर और फूड कोर्ट में क्ल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही थ ने दिया जाएगा

पासवान निधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामबिलास पासवान को श्रदधांजलि दी

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ ने दिवंगत नेता को श्रदधांजलि दी प्रधानमंत्री मोदी भी श्री पासवान के निवास पर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी कांग्रेस नेता राहल गांधी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रदधांजलि दी इससे पहले श्री पासवान के पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके निवास पर ले जाया गया दोपहर बाद उसे पटना ले जाकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में रखा जाएगा दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल पटना में किया जाएगा श्री पासवान का कल नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया

उनका अंतिम सस्कार राजकीय सम्मान किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया और इसे अपूर्ण क्षति बताया

हाजीप्र निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने का श्री पासवान का रिकॉर्ड कई वर्षों तक बना रहा

जरूरत पड़ने पर इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है